सरकार का कहना है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है बस सावधान रहने की जरूरत है प्रदेश में चीन से लौटने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है राज्य में अब तक इस बीमारी से ग्रसित एक भी मरीज नहीं मिला है वहीं चीन के वुहान से तीन सौ तेईस भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी विशेष उड़ान आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची इसी उड़ान में मालदीव के सात नागरिक भी सुरक्षित पहुंचाये गए हैं एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान के जरिए कल चीन से तीन सौ चौबीस भारतीयों को लाया गया था चीन में कोरोना वायरस से तीन सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है किसान रेल रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह किसान रेल शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है वित्त मंत्री ने आम बजट में किसान रेल शुरू करने का प्रस्ताव किया था रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे किसान रेल का देश भर में विस्तार करने की भी योजना बना रहा है श्री यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था का विकास ईजन बनाना है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने निवेश बढ़ाया है और अगले पांच वर्ष में रेलवे के नेटवर्क का आधुनिकीकरण करेगी

इस समिति में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन वित्त गृह प्रमुख सचिव जनसंपर्क और वाणिज्य कर और पर्यटन सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है इसके साथ ही पर्यटन विभाग को इस आयोजन के लिये नोडल विभाग बनाया गया है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

निर्णायक मंडल द्वारा वहीदा रहमान को यह सम्मान देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया वहीदा रहमान स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गत अक्टूबर माह में खंडवा में पार्शव गायक किशोर कुमार की जयंती पर हुए कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकी थीं लता सम्मान राज्य शासन ने पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को प्रदेश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेश्कर सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया है

समारोह में पहले दिन सुगम संगीत प्रतियोगिता में संभाग स्तर पर चयनीत प्रतिभागी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे जबकि दूसरे दिन अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा किकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और अंतिम ट्वेंटी ट्वेंटी अंतरर्राष्ट्रीय किकेट मैच आज माउंट मौंगानुई में खेला जा रहा है

दो देशों के पुरूषों की ट्वेंटी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला में भारत पांच शून्य से जीतकर विश्व रिकार्ड बनाना चाहेगा इस श्रंखला में भारत न्यूजीलैंड को दो बार सुपर ओवर में हराकर चार शून्य से आगे है

राजभवन में आयोजित इस समारोह की राज्यपाल लालजी टंडन अध्यक्षता करेंगे

इस मौके पर किसानों को किसान ऋण माफी पत्र और किसान सम्मान पत्र प्रदान किये गये